उन्नीस सौ निन्यानवें में करगिल की पहाड़ियों को पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराने के अभियान को ऑपरेशन विजय नाम किया गया था करगिल युद्ध साठ दिन से अधिक समय तक चला इस वर्ष समारोहों का विषय है नवचेतना नवहर्ष और नव निर्माण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की इधर प्रदेश में भी समूचे देश के साथ कारगिल युद्ध के शहीदों को भावभीनी श्रद्धाजंलि दी गई राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यपाल बी डी मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शहीदों को श्रद्धाजंलि दी अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि शहीदों का बलिदान वर्तमान और भविष्य की पीड़ियों को प्रेरित करता रहेगा उधर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में लोगों से देश के लिए अपने प्राणों की आहुती देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया कारगिल विजय दिवस पर विशेष कार्यक्रम राजभवन में आयोजित किया गया इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के हीरो कर्नल गुरप्रित सिंह सेना पदक सुवेदार इम्लियाकुम एओ महावीर चक्र और सुवेदार हरिंदर सिंह भी उपस्थित थे जिन्होंने युद्ध के अपने अनुभवों को लोगों के साथ सांझा किया इस कार्यक्रम में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा मुख्यमंत्री पेमा खांडू उपमुख्यमंत्री चाउना मेन सहित अनेक गणमाण्य व्यक्ति उपस्थित थे गृह मंत्री बमांग फेलिक्स ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को अपना पूरा समर्थन देने को तैयार है श्री फेलिक्स ने कल ईटानगर में विभिन्न कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान यह बात कही उन्होंने प्रतिभागियों से राज्य और क्षेत्र द्वारा पेश किए गए अवसरों का पता लगाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि राज्य में कनेक्टिविटी और संचार के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है वही सरकार इस समस्या पर विशेष ध्यान दे रही है उन्होंने कॉर्पोरेट समूहों की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा दल उपलब्ध कराए जाने का भी आश्वासन दिया ईस्ट सियांग जिले में दारक सर्कल और आलों के विभिन्न हिस्सों में बादल फटने से जनजीवन प्रभावित डीपरो की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दाराक योमचा सड़क और दाराक लारमुक सड़क कई स्थानों पर भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गया है जिसके कारण पिछले एक सप्ताह से कई गांवों का संपर्क क्षेत्र अन्य गांवो से कटा हुआ है एजेंसियों द्वारा यातायात बहाल करने का कार्य जारी है पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी वर्षा से आलो क्षेत्र भी प्रभावित हुई है प्रदेश में मलेरिया मामला दो हजार चौदह में छह हजार अस्सी से घटकर दो हजार उन्नीस में एक सौ आठ हो गए हैं वहीं दो हजार सत्रह के बाद इस रोग से अबतक किसी के मरने की कोई खबर नहीं है लोअर सुबनसिरी जिले के जीरों में कल से शुरु हुई राष्ट्रीय जलजनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम पर तीन दिवसीय राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा आयोजित पौधारोपण अभियान में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ पौधारोपण अभियान में शामिल हुए इस अवसर पर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी मौजूद थे इस रविवार को दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम मेम प्रधानमंत्री देश विधेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इसके लिए उन्होंने लोगों के सुझाव आमंत्रित किये हैं इसे माई गव ओपन फोरम पर भेजा जा सकता है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

आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव साथ डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान एक दशमलव छह मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई